शैक्षणिक संस्थान धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे

अब तक पांच सौ बयालीस लोगों की मृत्यु प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है

जल जमाव वार्ले क्षेत्रों में महामारी का खतरा मंडराया

राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर प्रदेश में लॉकडाउन को छह सितम्बर तक बढ़ा दिया है गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में एक से सोलह अगस्त तक जो प्रतिबंध लागू थे वे अगले इक्कीस दिनों तक जारी रहेंगे सभी शहरी इलाकों में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर पूर्व की तरह रोक रहेगी स्कूल कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान अभी नहीं खुलेंगे शॉपिंग माल भी बंद रहेंगे वहीं धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक जारी रहेगी राज्य में सार्वजनिक बसों के परिचालन पर भी पहले की तरह रोक जारी रहेगी कंटेनमेंट जोन घोषित क्षेत्रों में दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों के खुलने पर रोक पूर्व की तरह जारी रहेगी वहीं जिलाधिकारियों को उनके क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए दुकानों को खोलने और व्यवसायिक गतिविधियों को संचालन की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है ग्रामीण इलाकों में कोन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा घोषित अनलॉक थ्री के प्रावधान लागू रहेंगे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कोविड उन्नीस से संक्रमण के दो हजार पांच सौ पच्चीस नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख छह हजार छह सौ अठारह हो गयी है आज सबसे अधिक तीन सौ तीन नये मामले पटना जिले में सामने आये हैं मध्बनी में दो सौ तीन मूजफ्फरपूर में एक सौ तैंतालीस पूर्वी चंपारण में एक सौ सैंतीस बेगूसराय में एक सौ इकतीस पूर्णिया में एक सौ उनतीस मामलों की पुष्टि हुई है वहीं कटिहार में अंठानवे नालंदा में इक्यानवे सहरसा में सतासी सीतामढ़ी में अस्सी भागलपुर में अठहत्तर सीवान में अड़सठ और सारण में छियासठ मामले आये हैं अन्य जिलों में भी संक्रमण के नये मामले मिले हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी तैंतीस हजार छह सौ नब्बे लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है अब तक लगभग सतहत्तर हजार लोग स्वस्थ हो चुके हैं वहीं कोरोना से प्रदेश में पांच सौ बयालीस लोगों की मौत हुई है इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए छह जिलों अरवल बेगूसराय बक्सर मधुबनी मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में सीरो सर्वे कराने का फैसला किया है सीरो सर्वे से इस बात का पता चलेगा कि कोरोना संक्रमण का सामुदायिक स्तर पर कितना प्रसार हुआ है इसके अलावा सीरो सर्वे परिणाम से महामारी के प्रसार को रोकने की रणनीति बनाने में भी मदद मिलती है देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर छब्बीस लाख सैंतालीस हजार छह सौ चौंसठ हो गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान करीब अंठावन हजार नये मामलों का पता चला है देश में इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर उन्नीस लाख उन्नीस हजार आठ सौ बयालीस हो गयी है वहीं अब तक पचास हजार नौ सौ तीस लोगों की मृत्यु हुई है वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा है कि कोविड उन्नीस के ज्यादतर मामलों में संक्रमण सीमित है और बहुत ही कम मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराने की आवश्यकता पडती है बाईट अस्सी प्रतिशत में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पर ही ठीक हो जाते हैं

पांच पर्सेंट या उससे कम वाले हैं जोकि दाखिल होना पड़ता है एम्स के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा कि संक्रमण का फैलाव ऐसे लोगों से हो सकता है जिन्होंने किसी स्थान की यात्रा की हो अथवा संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए हों

जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अधिकारी और सीआरपीएफ के दो जवान शहीद हो गये केन्द्रीय बल के शहीद हुए दोनों जवान बिहार के निवासी हैं शहीद जवान खुर्शीद खान रोहतास जिले के घुसिया कलां और लवकुश शर्मा जहानाबाद जिले के अहिरा गांव के निवासी हैं केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि उनका मंत्रालय देश की नदियों और सागरों में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए पंद्रह दिन में एक समग्र डॉल्फिन परियोजना की शुरूआत करेगा श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉल्फिन और शेर परियोजना के बारे में घोषणा की थी

तो दोनों डॉल्फिन का संरक्षण और संवर्द्धन करना यह हमारा काम है और प्रधानमंत्री जी का आदेश है

तो डॉल्फिन को संरक्षण और संबद्धन करने का कार्यक्रम हम सुनिश्चित करके सबके सामने रखेंगे आप सबको उसमें शामिल होना है श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश में शेरों की आबादी बढ़कर छह सौ से अधिक हो गई है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वित्त आयोग ने वन पर खर्च को दस प्रतिशत तक बढ़ा दिया है उन्होंने कहा कि राज्यों को भी अपना वन बजट बढ़ाना चाहिए केन्द्र सरकार अगले पांच साल में भागलपुर गोपालगंज और गया सहित देश भर में दो सौ नगर वन विकसित करेगी पहले वर्ष में चालीस नगर वन के विकास का लक्ष्य रखा गया है केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इसकी शुरूआत की इस कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंस के जरिये उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी भाग लिया श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार की मदद से गंगा सहित पांच नदियों के किनारे पौधारोपण और हर जिले में चार पांच स्कूलों में नर्सरी खोली जायेगी श्री मोदी ने कहा कि पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पर काम चल रहा है प्रदेश में बाढ़ की रिथति अब भी गंभीर बनी हुई है राज्य के सोलह जिलों में बयासी लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं वाल्मिकी नगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण गोपालगंज सारण और मुजफ्फरपुर जिले में कई नये इलाके बाढ़ से प्रभावित हो गये हैं मुजफ्फरपुर जिले में उन्नीस लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंडक नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का पानी चढ़ने लगा है वहीं शहरी इलाकों में भीषण जल जमाव से लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है

जिले में बीस लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी उतरने लगा है लेकिन गंदगी के अंबार और पानी सड़ने से महामारी का खतरा बढ़ गया है

सीतामढ़ी और शिवहर जिले में बाढ़ का पानी उतरने के बाद लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया कि बेगूसराय से सटे बेला सिमरी इलाके में बूढ़ी गंडक नदी पर बने चमराही बांध पर पानी का दबाव बढ़ गया है इससे बांध के दांये भाग में तेज कटाव हो रहा है खगड़िया के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष और बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कटाव की स्थिति का जायजा लिया और जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को कटाव रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाने को कहा वैशाली जिले के महुआ प्रखंड में वाया नदी का पानी फैलने से गौड़ीगामा अधनिया सैदपुर और छतवारा गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है जिले के भगवानपुर प्रखंड में करहरी पंचायत में कई गांवों बाढ़ की चपेट में आ गये हैं इधर समस्तीपुर के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उनतीस हजार पीड़ित परिवारों के बीच तेईस करोड़ चालीस लाख रूपये की सहायता राशि दी गयी है जिले में नौ प्रखंडों के एक सौ चौंतीस गांव बाढ़ से प्रभावित हैं सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों को छह छह हजार रूपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी गयी है प्रदेश में मॉनसून की गतिविधि कमजोर हो गयी है मौसम वैज्ञानिक एसके पटेल ने कहा कि राज्य में अगले चौबीस घंटों के दौरान हल्की बारिश की संभावना है

कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य में कुल लक्ष्य के अंठानवे प्रतिशत भू भाग में धान की रोपनी का काम पूरा हो गया है उन्होंने बताया कि बत्तीस लाख पैंतालीस हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपनी हुई है श्री कुमार ने कहा कि कुल लक्ष्य के सतासी प्रतिशत क्षेत्र में मक्के की बुआई की गयी है उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई को अपने निर्धारित समय पर करवाने का निर्देश दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड उन्नीस संक्रमण को देखते हुए परीक्षा को स्थगित करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है न्यायालय ने कहा कि छात्रों के भविष्य को बहुत समय तक अधर में नहीं रखा जा सकता इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक सितम्बर से छह सितम्बर के बीच और मेडिकल प्रवेश परीक्षा तेरह सितम्बर को आयोजित कराई जायेगी राज्य के पूर्व उद्योग मंत्री श्याम रजक आज विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गये गौरतलब है कि कल जदयू ने उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया था मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उन्हें मंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया गया था राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की उपस्थिति में श्री रजक को पार्टी की सदस्यता दिलायी श्याम रजक जदयू में शामिल होने से पहले राजद में ही थे वे वर्ष दो हजार नौ में जदयू में शामिल हुए थे राजद के तीन विधायक प्रेमा चौधरी महेश्वर यादव और अशोक कुमार आज जनता दल यूनाईटेड में शामिल हो गये राज्य सरकार के मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता विजेन्द्र यादव तथा श्रवण कुमार ने इन सभी को पार्टी की सदस्यता दिलायी गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल ने प्रेमा चौधरी और महेश्वर यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में कल ही छह वर्षों के लिये पार्टी से निष्कासित कर दिया था प्रेमा चौधरी वैशाली जिले के पातेप्र अशोक कुमार रोहतास जिले के सासाराम और महेश्वर यादव मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख स्तंभ पंडित जसराज का अमेरिका में निधन हो गया वे नब्बे वर्ष के थे उनकी पुत्री दुर्गा जसराज ने उनके निधन की पुष्टि की है पंडित जसराज को पदमश्री पदमभूषण समेत विभिन्न सम्मानों से नवाजा गया था और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में छह सितम्बर तक इक्कीस दिनों के लिये बढ़ा लॉकडाउन

शैक्षणिक संस्थान धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे

अब तक पांच सौ बयालीस लोगों की मृत्यु

जल जमाव वार्ले क्षेत्रों में महामारी का खतरा मंडराया